इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

भोपालइंदौर ग्वालियर और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं

बैठक के दौरान केनद्रीय सवासथय सचिव ने रेलवेश्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलऔर कोल इंडिया लिमिटेड जैसी केनद्रीय विभागों और प्रतिष्ठानों के अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया

इसके साथ ही म्ख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को एक एक करोड़ रूपये अलग से जारी किये गये हैं

मुरैना जिला न्यायालय में कई जज संक्रमित हो गए हैं

मतदान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक होगा

बादलों की मौजूदगी की वजह से रात का तापमान बढ़ भी रहा है मौसम विभाग के अन्सार मौसम में आए परिवर्तन के कारण आज भी प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश गिरने के आसार है इस दौरान भोपाल जबलपुर इंदौर में आंशिक बादल बने रहेंगे सतना जिले में मौसम के उतार चढ़ाव होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं